आयोग बैठक चुनाव आयोग ने आज नई दिल्ली में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की इस बैठक में मुख्यचुनाव आयुक्त ओपीरावत के साथ ही आयोग के सदस्यों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया बताया गया है कि इस बैठक में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों और इस साल के अन्त में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई मुख्य चुनाव आयुक्त श्री रावत ने इस अवसर पर कहा कि आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लिये सभी संभव कदम उठा रहा है इसके लिये राजनीतिक दलों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रकिया में सुधार के लिये आयोग द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी भी दी बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव भी आयोग को दिये श्री रावत ने आश्वस्त किया की चुनावी तैयारियों और प्रक्रिया के दौरान इन सुझावों पर गौर किया जायेगा आयोग दौरा मुख्य चुनाव आयुक्त ओपीरावत के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल आज शाम तीन दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहा है यह दल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा अधिकारिक जानकारी के अनुसार मंगलवार को आयोग का दल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करेगा बताया जाता है कि आयोग का दल मतदाता सूचियों के प्रकाशन दावे आपत्तियों और ईवीएम मशीनों को लेकर राज्य में की गई तैयारियों की भी समीक्षा करेगा जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज अलीराजपुर और झाबुआ जिले में पहुंची श्री चौहान ने अलीराजपुर में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ईमानदारी के साथ गरीबों की सेवा की है और आदिवासियों के कल्याण के लिये कई काम किये हैं श्री चौहान ने उम्मीद जताई की इन कामों की बदौलत जनता प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनायेगी मुख्यमंत्री ने इस दौरान अलीराजपुर में नव निर्मित कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण किया यह भवन इक्कीस करोड़ चोरान्वे लाख रूपये की लागत से बनवाया गया है श्री चौहान ने सोंडवा के नवीन आईटीआई भवन के लोकार्पण के साथ ही साजनपुर और बालपुर में एक एक तालाब और ग्राम लक्ष्मणी में मुख्यमंत्री नलजल योजना का शिलान्यास भी किया जनआशीर्वाद यात्रा ने शाम को झाबुआ जिले में प्रवेश किया यहां जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया काग्रेस बैठक कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक आज शाम भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर शुरू हुई इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिये पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किये जाने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है बैठक में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह मीनाक्षी नटराजन के अलावा समिति के अन्य सदस्य भी भाग ले रहे हैं आरोग्य योजना केन्द्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत लागू की जा रही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अगले माह की पच्चीस तारीख से शुरू की जायेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस योजना को लागू करने के लिये उन्तीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं इस योजना के लाभार्थियों के लिये नामांकन करना जरूरी नहीं है स्वास्थ्य मंत्री ने इस योजना को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना बताते हुए कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों को इस योजना के तहत सेवाएं देने के लिये सूचीबद्ध किया जा रहा है

इस महाकृभ में प्रदेशभर से पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे पाटी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने आज भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा को भारी जनसमर्थन मिल रहा है उन्होंने बताया कि यह यात्रा पच्चीस सितम्बर के बाद भी जारी रहेगी श्री सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा चुनाव के लिये पूरी तरह तैयार है पार्टी राज्य में भारी बहुमत से चौथी बार सरकार बनायेगी इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सांसद आलोक संजर विधायक रामेश्वर शर्मा ओर सुरेन्द्र नाथ सिंह ने आयोजन स्थल जम्बूरी मैदान पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया गृहमंत्री बयान गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा को पिछली यात्राओं से ज्यादा सफलता मिल रही है इससे निराश कांग्रेस अनर्गल बयान बाजी कर रही है उन्होंने आज सागर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस बात को गलत बताया कि जनआशीर्वाद यात्रा में सरकारी धन खर्च किया जा रहा है गृहमंत्री ने कहा कि शासन की ओर से यात्रा के दौरान सिर्फ सुरक्षा इंतजाम ही किये जा रहे हैं छात्रवृत्ति प्रदेश में कक्षा एक से बारह तक पढ़ने वाले करीब बयासी लाख विद्यार्थियों को तीन सौ चवालीस करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है इस राशि को स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के खाते में ऑनलाइन जमा करवाया गया है राज्यशासन ने विधानसभा में पारित समग्र सामाजिक सुरक्षा संकल्प के अनुसार आठ विभागों की ओर से दी जाने वाली तीस प्रकार की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने और वितरण की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग को दी है इसके लिये समग्र शिक्षा पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें पंजीकृत विद्यार्थियों का डाटा संरक्षित किया गया है पोर्टल द्वारा छात्रवृत्ति की पात्रता निर्धारित कर उसका ऑनलाइन भुगतान किया जाता है इस पोर्टल का उपयोग छात्रवृत्ति के साथ साथ विद्यार्थियों को साइकल लेपटॉप और गणवेश की राशि वितरित करने के लिये भी किया जा रहा है मोगली बाल उत्सव स्कूली विद्यार्थियों में जवाबदेही और उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने के लिये प्रतिवर्ष मोगली बाल उत्सव मनाया जाता है इस वर्ष राज्य स्तरीय मोगली उत्सव का आयोजन एक और दो दिसम्बर को उमरिया जिले के बांधोगढ़ और मंडला के कान्हा में आयोजित किया जायेगा सात और आठ दिसम्बर को यह आयोजन होशंगाबाद के मड़ई और सिवनी के पेंच अभ्यारण्य में भी होगा इस उत्सव से पूर्व प्रदेशभर में शाला और शिक्षा केन्द्र स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जनशिक्षा केन्द्र पर कनिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिताएं सात सितम्बर को होंगी जबकि पर्यावरण पर केन्द्रीत लिखित प्रश्नपत्र प्रतियोगिताएं चौबीस सितम्बर को विकासखण्ड और सत्ताईस सितम्बर को जिला स्तर पर आयोजित की जायेंगी इसी तरह शाला स्तर पर चलित विद्यार्थियों के लिये यह परीक्षाएं सात और चौबीस सितम्बर को ही विकास खण्ड स्तर पर होंगी लिखित प्रश्नपत्र परीक्षा का परिणाम पच्चीस सितम्बर को घोषित किया जायेगा एशियाई खेल इंडोनेशिया में खेले जा रहे अट्ठारवें एशियाई खेलों में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है सेमीफाइनल में पीवी सिंध्र ने जापान की अकाने यामागूची को उतार चढ़ाव भरे मुकाबले में हराया इन खेलों में बैडमिंटन के सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली सिंधू पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है

इस दौरान उन्होंने अनुपस्थित पाये गये आठ कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश दिये

इस दल ने सात गांवों में पहुंचकर स्वच्छता गतिविधियों का जायजा लिया